प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत शांति के प्रति हमेशा से वचनबद्व रहा है आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्म सम्मान और संप्रभुता से समझौते की कीमत पर ऐसा हरगिज नहीं किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि बीसवीं शताब्दी में दो विश्व युद्धों में एक लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने शांति के लिए एक ऐसे युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया जिससे उनका कोई वास्ता नहीं था उन्होंने कहा कि भारत की नजर कभी भी किसी की धरती पर नहीं रही

यह तो शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी कुछ दिन पहले ही हमने इस्राइल में हैफा की लड़ाई के सौ वर्ष पूरे होने पर मैसूर हैदराबाद और जोधपुर लैंसर्स के हमारे वीर सैनिकों को याद किया जिन्होंने आक्रान्ताओं से हैफा को मुक्ति दिलाई थी यह भी शांति की दिशा में हमारे सैनिकों द्वारा किया गया एक पराक्रम था आज भी यूनाईटेड नेशन्स की अलग अलग पीस कीपींग फोरसेज में भारत सबसे अधिक सैनिक भेजने वाले देशों में से एक है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सवा सौ करोड़ देशवासियों ने दो हजार सोलह में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक की याद में पराक्रम पर्व मनाया बाईट प्रधानमंत्री हमने दो हजार सोलह में हुई उस सर्जिकल सट्राईक को याद किया जब हमारे सैनिकों ने हमारे राष्ट्र पर आतंकवाद की आड़ में प्राकसी वार की धृष्टता करने वालों को मुँहतोड़ जवाब दिया था देश में अलग अलग स्थानों पर हमारे सशस्त्र बलों ने एकजीबीशन्स लगाये पराक्रम पर्व जैसा दिवस युवाओं को हमारी सशस्त्र सेना के गौरवपूर्ण विरासत की याद दिलाता है और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रेरित भी करता है आठ अक्तूबर को मनाए जाने वाले वायु सेना दिवस का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वायु सेना इकीसवीं शताब्दी की सबसे शक्तिशाली और साहसिक वायु सेनाओं में शामिल है प्रधानमंत्री ने वायु सेना में स्त्री प्ररुष समानता सुनिश्चित किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अपने सभी विभाग महिलाओं के लिए खोल कर वायु सेना ने एक मिसाल कायम की है बाईट प्रधानमंत्री अब तो वायुसेना महिलाओं को शार्ट सर्विस कमीशन के साथ पर्मानेंट कमीशन का विकल्प भी दे रही है और जिसकी घोषणा इसी साल प्रद्रह अगस्त को मैंने लाल किले से की थी भारत गर्व से कह सकता है कि भारत की सेना में सशस्त्र बलों में पुरुष शक्ति ही नहीं स्त्री शक्ति का भी उतना योगदान बनता जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सफलता की कहानी बन चुका है और सभी इस आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस बार महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा जो विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सम्मेलन है प्रधानमंत्री ने विशेष अवसरों पर लोगों से खादी और हथकरघा उत्पादों की खरीद के बारे में भी सोचने को कहा जिससे अनेक बुनकरों को लाभ होगा

जैसे विशेष अवसरों पर खादी और हैंडलूम के उत्पाद खरीदने के बारे में सोचें इससे अनेक बुनकरों को मदद मिलेगी कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के पुराने या कटे फटे वस्त्रों को भी इसलिए सहज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों को लेकर व्यापक जागरूकता पैदा की है और इसके दुरूपयोग को रोकने में सराहनीय भूमिका निभाई है एन के सिंह की अध्यक्षता में वित्त आयोग की टीम राज्य के चार दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंच गयी है आयोग का दल एक अक्टूबर को पंचायती राज और नगर विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करेगा वहीं तीन अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही राज्य के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी आयोग की टीम मुलाकात करेगी सूत्रों ने बताया कि इस बैठक के दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के प्रस्ताव के साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विशेष पैकेज के बारे में भी चर्चा की जाएगी प्रदेश में अलग अलग द्र्घटनाओं में स्नान के दौरान तालाब में ड्रबने से दस बच्चों की मौत हो गयी भागलपुर जिले के अमडंडा थाना क्षेत्र के गोलकपुर और लोदीपुर थाना क्षेत्र के गोहरियो गांव मे तालाब मे डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गयी वहीं दरभंगा जिले के रैयाम थाना क्षेत्र के फुलकाही में दो पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र के नन्हकार में दो जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र के बरनार में दो और कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरनिया गांव में एक बच्चे की मौत हो गयी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा है कि जबतक समाज के सभी वर्गो में देशभक्ति की भावना प्रबल नहीं होती तब तक तेज गति से समग्र विकास होना बड़ा मूश्किल है श्रीमती महाजन आज रांची के निकट खेल गांव में चार दिन तक चले बौद्धिक सम्मेलन लोकमंथन के समापन सत्र में बोल रही थीं उन्होंने कहा कि हमारे पूवर्जों ने युवाओं को यात्राओं और मंथन के जरिये समकालीन मुद्दों से अवगत कराने की परंपरा शुरू की थी उन्होंने युवाओं से लोकमंथन जैसे कार्यक्रमों के जरिये इस परंपरा को बनाये रखने का अनुरोध किया राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि द्रनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत की कल्पना को साकार करने के लिए स्वच्छता जरूरी है श्री टंडन आज राजभवन में स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत की कल्पना को साकार करने के लिए स्वच्छता और साफ सफाई पर ध्यान दिया जाना जरूरी है श्री टंडन ने कहा कि पूरे देश में आज स्वच्छता अभियान को जन आन्दोलन का रूप प्राप्त हो चुका है राज्यपाल ने कहा कि सबको अपने अपने घरों की सफाई करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों और सरकारी गैर सरकारी संस्थानों शैक्षिक संस्थानों तथा अस्पतालों में स्वच्छता अभियान के संचालन में भरपूर सहयोग करना चाहिए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग को मान सम्मान देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार कपूरी फर्मूले की तर्ज पर केन्द्र सरकार की नौकरियों के लिए पिछड़े वर्गों की सूची को दो या तीन भागों में श्रेणीबद्ध कर रही है इससे पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक पिछड़ों को लाभ मिलेगा गया जिले के चंदौती थाना क्षेत्र के गया पंचानपूर मुख्य मार्ग पर जमूने गांव के पास एक अनियंत्रित पिकअप वैन और दो मोटरसाइकिलों के बीच हुयी टक्कर में एक दम्पत्ति सहित चार लोगों की मौत हो गयी दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने गया पंचानपूर मुख्य मार्ग को काफी देर तक जाम रखा मुंगेर जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरधे गांव से पुलिस ने जमीन की खुदायी कर बड़ी मात्रा में ए के फोर्टी सेवेन राइफल के कलपुर्जे बरामद किये हैं पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि जेसीबी मशीन की मदद से की गयी खूदायी में जमीन से दो फीट नीचे यह कलपूर्जे मिले हैं गौरतलब है कि बरधे गांव से ही एक दिन पूर्व पुलिस ने एक कुएं से बारह ए के फोर्टी सेवेन राइफल बरामद किये थे भोजपुर पुलिस ने अंतरजिला हथियार तस्करों के एक गिरोह के पांच सदस्यों को आज नवादा थाना क्षेत्र के रमना मैदान के समीप से गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि छापेमारी में एक राइफल चार पिस्तौल एक देशी कट्टा और कारतूस के साथ एक लाख चालीस हजार रूपए नकद भी बरामद किया गया है कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र स्थित जीआरपी चौक के पास उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर लगभग सत्तर लीटर विदेशी शराब के साथ दो महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र में पूलिस ने लक्ष्मीनिया मोड के पास खेत मे छुपा कर रखी एक सौ दस कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है वहीं अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के सैदाबाद सीमावर्ती क्षेत्र मे एसएसबी के जवानों ने धान के खेत से छह सौ इकतीस बोतल नेपाली शराब बरामद की है इधर सीतामढ़ी जिले में प्रशासन ने कई स्थानों से बरामद हजारों लीटर शराब को नष्ट किया है शेखपुरा जिले के चेवाडा राजौरा पथ पर एक अनियंत्रित वाहन से कुचल कर एक व्यक्ति की मौत हो गयी वहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये सहरसा जिले के बिहरा थाना क्षेत्र के पटौरी गांव में सड़क दुर्घटना में सुपौल में पदस्थापित एक होम गार्ड जवान की मौत हो गयी